वे आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को साझा करने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे राज्यवर्धन राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चौनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के देशव्यापी आहवान पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकाली गई सोलन में एटक के राज्य अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जगदीश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की श्रमिक वर्ग के लिए जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आयोजन किया गया है

सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जगतराम ने रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरो के हित के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है इधर शिमला में श्रमिक संगठन सीट् से संबंधित विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया हिमाचल प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम वर्मा ने बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंकिंग सैक्टर की कई यूनियने हिस्सा ले रही हैं बिजली बोर्ड दूसरी ओर राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की समन्वय समिति के आहवान पर राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन द्वारा आज प्रदेशभर में बोर्ड के मंडल व वृत स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रैलियों का आयोजन किया गया

यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरा लाल वर्मा ने शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्यालय के बाहर आयोजित रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस संशोधन कानून के प्रभाव में आने से बोर्ड विघटित हो जाएगा जिससे सभी कार्यों को अलग अलग करने के अलावा वितरण के कार्य को छोटी छोटी कंपनियों में बांटा जाना तय है

एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पहली जनवरी तक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी पैंशन मामलों को स्वीकृति दे दी गई है राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और प्रदेश सरकार के प्रयासों से सभी पात्र लोगों को आजीवन सामाजिक पैंशन देना सुनिश्चित हुआ है मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जबकि अन्य भागों में बादल छाए रहने से कड़ाके की ठण्ड का प्रकोप बना हुआ है

इससे प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं और लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है किन्नौर ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का समाचार है

पहली उड़ान भूंतर तांदी डाईट भूंतर दूसरी उड़ान भूंतर किलाड़ चंबा किलाड़ उदयपुर भूंतर के बीच होगी ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी दुर्घटना चौपाल उपमंडल के नेरवा क्षेत्र में मोसलन स्थान पर आज एक वाहन के खाई में गिरने से इसमें सवार एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि चार अन्य घायल हुए हैं ये सभी एक परिवार के हैं और चौपाल के क्पवी क्षेत्र के धारछड़ी गांव के रहने वाले हैं उधर किन्नौर ज़िले में कल रात स्पीलो से कानम जा रही एक कार के लाबरंग सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई मृतकों में अनिल कुमार लाबरंग जबकि तुलाराम रामपुर क्षेत्र के मादोरा के रहने वाले थे